मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है योग

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रूक रूक कर चार दिनों से हो रही वर्षा छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया गया इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग लिंग धर्म और देश जैसी किसी भी विभिन्नता से ऊपर है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारे श्वसनतंत्र और रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है

हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम को स्ट्रॉग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पापूलर भी है ये प्रभावी भी हैं योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पेरेट्री सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बह्वत मदद करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि योग विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड नाइन्टीन महामारी को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद मिलती है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिये महत्वपूर्ण बताया है श्री नायडू ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय कोविड नाइन्टीन संकट के दौर में सुरक्षित दूरी बनाये रखने की जरूरत को दर्शाता है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क तथा कार्य और विचारों के बीच संतुलन बनाये रखने का भी माध्यम है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से योग को वैश्विक मान्यता मिली है उन्होंने कहा कि योग समूची मानवता के लिए भारतीय संस्कृति की अदृभुत भेंट है केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है उन्होंने कहा कि अब दुनिया का हर देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और लोगों ने इस आयोजन को भारतीय संस्कृति और परंपरा के पर्व के रुप में अपना लिया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि योग अब दुनिया के स्वास्थ्य का मुक्ट बन गया है और लोग गर्व महसूस करते हैं कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य का माध्यम साबित हुई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कोविड नाइन्टीन के दिशा निर्देशों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन प्रांगण में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर योगाभ्यास किया इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रतिदिन नियमित रूप से योग करने से हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तथा रोगों से लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक मानसिक तथा अध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है उन्होंने कहा कि योग न केवल लोगों को आपस में जोड़ता है वरन स्वास्थ्य के साथ मानसिक उत्थान का सबसे बड़ा मार्ग निर्धारक है और यही वजह है कि भारत की इस परम्परा को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हो सका है भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है

भारत की सनातन परम्परा के इस महत्व को लोगों ने आज समझा

हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परम्परा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया योग दिवस के अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा मुख्य सचिव आरकेतिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना संकमण के कारण अपने अपने घरों में योग किया कोरोना महामारी के कारण योग के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर लगे प्रतिबंध के चलते लोगों ने घर के आंगन और छतों पर योगाभ्यास किया शहर के विभिन्न पार्को में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास करते दिखायी दिये बस्ती में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने अपने आवास पर परिवार के साथ योगाभ्यास किया उधर सिद्वार्थनगर में सांसद जगदम्बिकापाल ने अपने आवास पर योगाभ्यास किया तथा सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के साथ योगाभ्यास करने की अपील की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिन्दी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अभ्यास कर सकते हैं इसके जरिये छात्र अपने घरों में सुरक्षित रह कर जेईई मेन और नीट एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं कल विश्व संगीत दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी की रोकथाम के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संधिवात रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार ने लोगों को एक दूसरे से सम्पर्क के समय दूरी बनाए रखने साफ सफाई और खांसने छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि कोविड नाइन्टीन के मामलों के संदर्भ में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और महामारी की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले चार दिनों से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है गोरखपुर और आसपास के जिलों कल रात से घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है